सबसे अधिक गोपालगंज में चौदह लोगों की गयी जान

लोगों से खुले स्थान पर नहीं रहने की अपील और प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी से और दो लोगों की मृत्यु

प्रदेश में बारिश के दौरान वज्रपात और वर्षा के कारण अलग अलग घटनाओं में आज तिरानवे लोगों की मृत्यु हो गयी है जबकि अड़तीस लोग झुलस गये हैं राज्य के तेईस जिलों में बारिश के दौरान ये घटनाएं हुई सबसे अधिक गोपालगंज जिले में चौदह लोगों की मृत्यु हुई है जबकि छह गंभीर रूप से झुलस गये हैं वहीं वज्रपात से मधुबनी में आठ सीवान और नवादा में सात सात भागलपुर में छह बांका पूर्वी चंपारण और दरभंगा में पांच पांच जबकि औरंगाबाद पूर्णिया खगड़िया में तीन तीन लोगों की मृत्यु हुई है इधर समस्तीपुर कैमूर बक्सर जमुई किशनगंज और पश्चिमी चंपारण में दो दो लोगों की मृत्यु हुई है अररिया शिवहर जहानाबाद जिले में एक एक व्यक्ति की मौत हो गयी इधर मुजफ्फरपुर जिले के सरैया में वज्रपात की घटना में दो लोग गंभीर रूप से झलस गये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात की घटनाओं में मारे गये लोगों के निकटतम आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से चार चार लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिये हैं मौसम विभाग ने अगले बहत्तर घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है इस दौरान लोगों से वज्रपात को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की गयी है आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को बारिश के दौरान खुले में नहीं निकलने की हिदायत दी है लोगों से इस दौरान खेतों में काम करने से बचने को कहा गया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के निदेशक विवेक सिन्हा ने आकाशवाणी को बताया कि नेपाल के तराई से सटे क्षेत्रों उत्तर और मध्य बिहार के जिलों में भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है जिसके चलते पूर्वी और पश्चिमी चंपारण गोपालगंज सीवान शिवहर सीतामढ़ी दरभंगा मुजफ्फरपुर समस्तीपुर में भारी बारिश की आशंका है वहीं सारण मधुबनी सुपौल अररिया सहरसा मधेपुरा पूर्णिया किशनगंज और कटिहार में भी भारी वर्षा की स्थिति बनी हुई है श्री सिन्हा ने कहा कि नमी की मौजूदगी के कारण अगले पांच दिनों तक पूरे राज्य में मॉनसून का प्रदर्शन अच्छा रहेगा इधर प्रदेश में आज सुबह से ही अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हो रही है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गोपालगंज शिवहर मधुबनी दरभंगा पूर्णिया अररिया कटिहार नवादा मुजफ्फरपुर बांका शिवहर पूर्वी और पश्चिमी चंपारण सहित आसपास के जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है कई स्थानों पर सुबह से रूक रूक कर बारिश हो रही है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सबसे अधिक एक सौ पंद्रह मिलीमीटर बारिश शिवहर में दर्ज की गयी है वहीं किशनगंज में सौ अररिया में नब्बे मध्रबनी में इक्यावन सुपौल में पचास और दरभंगा में तेरह मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी है भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर भीषण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है वहीं अच्छी बारिश के चलते कृषि कार्यों में तेजी आयी है प्रदेश की नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है गंगा गंडक बागमती घाघरा कोसी पुनपुन महानंदा सहित सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में व्रद्धि दर्ज की गयी है हमारे संवाददाता ने बताया कि बागमती नदी सीतामढ़ी जिले के ढेंग में खतरे के निशान को पार कर गयी है वहीं सोनाखान और कंटौझा में इसका जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में और मुजफ्फरपुर के रेवा घाट में खतरे के निशान के करीब बना हुआ है गंगा नदी के जलस्तर में पटना मुंगेर और भागलपुर में सभी प्रमुख घाटों पर बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी जा रही है वहीं घाघरा नदी का जलस्तर सीवान जिले के दरौली में लाल निशान से एक मीटर नीचे है कमला बलान का जलस्तर भी मधूबनी जिले के जयनगर में खतरे के निशान के पास पहुंच गया है कोसी नदी सुपौल जिले के बसुआ में खतरे के निशान के आसपास बह रही है बिहार में कोविड उन्नीस महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर संतावन हो गयी है आज दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है इधर स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार कोरोना संक्रमण के एक सौ आठ नये मामलों की पुष्टि के साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर आठ हजार तीन सौ इक्यासी हो गयी है पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर में तेरह तेरह मामले सामने आये हैं सुपौल में बारह सीवान में नौ जमुई में आठ पटना और पूर्वी चंपारण में सात सात नये मामलों की पुष्टि हुई है औरंगाबाद मधेपुरा समस्तीपुर में छह छह दरभंगा में पांच बांका और रोहतास में चार चार सहरसा में तीन मामले सामने आये हैं वहीं अरवल गोपालगंज जहानाबाद नवादा और वैशाली में एक एक मामले की प्रष्टि हुई है देश में कोविड उन्नीस से संक्रमण के सोलह हजार नौ सौ बाईस नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या चार लाख तिहत्तर हजार एक सौ पांच हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि देश में कोविड उन्नीस महामारी के फैलने से लेकर अब तक की यह सबसे अधिक संख्या है वहीं संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर संतावन दशमलव चार तीन प्रतिशत हो गई है अब तक दो लाख इकहत्तर हजार छह सौ संतानवे रोगी ठीक हुए हैं देश में कोरोना संक्रमण से अब तक चौदह हजार आठ सौ चौरानवे लोगों की मृत्यु हुई है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने पहली से पंद्रह जुलाई तक दसवीं और बारहवीं की शेष परीक्षाओं को रद्द कर दिया है कोविड महामारी के फैलते संक्रमण को देखते हुए बोर्ड ने यह निर्णय किया है बोर्ड ने आज इसकी जानकारी उच्चतम न्यायालय के समक्ष दी सीबीएसई ने यह भी कहा है कि ये परीक्षाएं बाद में आयोजित की जाएंगी उच्च्तम न्यायालय देश में कोविड उन्नीस के बढ़ते प्रकोप की वजह से पहली से पंद्रह जुलाई तक होने वाली बारहवीं कक्षा की बाकी परीक्षाओं को रद्द करने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था उच्चतम न्यायालय को बताया गया कि विद्यार्थयिों को बाद में आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होने या पिछली परीक्षा पर आधारित आकलन के विकल्पों में से किसी एक को चुनने की भी सुविधा दी गयी है आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड उन्नीस पर वरिष्ठ डॉक्टरों की राय प्रसारित की जाती है नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कहा कि नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए साफ सफाई बहुत महत्वपूर्ण है साउंड बाईट जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में न निकले तब तक जो हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो फॉलो करने हैं जहां जरूरत न हो उसमें घर से बिलक्ल बाहर न निकलें कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है और जबकि निकलना भी पड़े घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप दो लोग खड़े हैं करीब दो मीटर दूर खड़े रहें नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहें देश में लागू आपातकाल की आज पैंतालीसवीं बरसी है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आज ही के दिन इसकी घोषणा की थी इस दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने देश भर में इसका विरोध किया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आपातकाल के दौरान यातना के शिकार लोगों को आज नमन किया श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल का उस समय लोगों ने कड़ा विरोध किया और देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और यातनाएं सही श्री मोदी ने उनके बलिदान को नमन करते हुए कहा कि देश उन्हें कभी नहीं भूला सकता साउंड बाईट जब देश में आपातकाल लगाया गया तब उसका विरोध सिर्फ राजनितिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था जेल की सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था जन जन के दिल में एक आक्रोश था खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी सामान्य जीवन में लोकतंत्र के अधिकारों का क्या मजा है यो तो जब पता चलता है जब कोई लोकतंत्र के अधिकारों को छीन लेता है आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है और इसीलिए देश अपने लिए नहीं एक पूरा चुनाव लोकतंत्र की रक्षा के लिए आहुत कर चुका था

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ने एक परिवार को बचाने के लिए पच्चीस जून उन्नीस सौ पचहत्तर को आपातकाल लागू किया था उन्होंने कहा कि पैंतालीस वर्ष बाद आज भी कांग्रेस जो कुछ कर रही है वह एक परिवार को बचाने के लिए ही है श्री जावड़ेकर ने ट्वीटर पर कहा कि पैंतालीस वर्ष पहले जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी वही आज सरकार पर सवाल उठा रहे हैं केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पैंतालीस साल पहले आज ही के दिन देश में आपातकाल लगाकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पूरे देश को जेल में परिवर्तित कर दिया था और प्रेस अदालत तथा अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकृश लगा दिया था केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड ने वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस के लिए मूल और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा इस वर्ष इकतीस जुलाई तक बढ़ा दी है बोर्ड ने वर्ष दो हजार उन्नीस बीस का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा भी इस वर्ष तीस नवंबर तक बढ़ा दी है कोविड महामारी के कारण करदाताओं को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है छोटे और मध्यम वर्ग के कर दाताओं को राहत देने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक लाख रुपये तक के स्व आंकलन कर भूगतान की तिथि भी इस वर्ष तीस नवंबर तक बढ़ा दी है आयकर अधिनियम की धारा अस्सी सी के अंतर्गत वित्त वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए कटौती के दावे से संबंधित विभिन्न निवेशों और भूगतान करने की नियत तिथि भी इस वर्ष इकतीस जुलाई तक बढ़ा दी गई है बोर्ड ने पैन को आधार से जोड़ने की तारीख अगले वर्ष इकतीस मार्च तक बढ़ा दी है बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिये नामांकन के आज अंतिम दिन जदयू के तीन भाजपा के दो और कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया राष्ट्रीय जनता दल के तीन प्रत्याशी कल ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं कल नामांकन पत्रों की वैधता की जांच की जायेगी उनतीस जून तक नाम वापस लिये जा सकते हैं जदयू की ओर से प्रत्याशी कुमुद वर्मा गुलाम गौस और भीष्म सहनी तथा भाजपा के दोनों उम्मीदवारों संजय मयूख और सम्राट चौधरी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया वहीं कांग्रेस की ओर से समीर कुमार सिंह ने अपना नामांकन पर्चा भरा कल घोषित किये गये प्रत्याशी पूर्व सांसद तारिक अनवर को मतदाता सूची में नाम नहीं होने के कारण कांग्रेस ने बदल दिया उनकी जगह समीर कुमार सिंह प्रत्याशी बनाये गये पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने अरबों रुपये के बह्चर्चित सुजन घोटाला के दो मामलों में आज दो बैंककर्मी समेत तीन लोगों की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी विशेष अदालत के न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एक मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्कालीन वरीय शाखा प्रबंधक सरफराजुद्दीन भागलपुर जिला कोषागार के नाजिर अमरेंद्र कुमार यादव और दूसरे मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा के सहायक शाखा प्रबंधक अमरेंद्र कुमार साहू को नियमित जमानत पर मुक्त करने से इनकार कर दिया तीनों अभियुक्त जेल में बंद हैं

उन्होंने बताया कि लोग अधिकतम चार यूनिट ब्लड की मांग कर सकते हैं प्रदेश में अनलॉक के पहले चरण में स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के उल्लंघन और यातायात नियमों को तोड़ने के आरोप में अब तक छियासठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्नीस हजार छह सौ अस्सी वाहनों को जब्त किया गया है जबकि पांच लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश के विभिन्न जिलों में वज्रपात की घटनाओं में तिरानवे लोगों की मृत्यु

सबसे अधिक गोपालगंज में चौदह लोगों की गयी जान

लोगों से खुले स्थान पर नहीं रहने की अपील और प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी से और दो लोगों की मृत्यु